सर्वोच्च न्यायालय ने चेन्नई स्थित टेक्नोक्रेट समूह की उस जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें लोकसभा च्नाव की मतगणना के दौरान ईवीएम मे दर्ज वोटों का मतदान पृष्टि पर्ची वी वी पेट से शत प्रतिशत मिलान कराने की मांग की गई थी न्यायामूर्ति अरूण मिश्रा की पीठ ने कहा है कि प्रधान न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की पहली ही स्नवाई कर आदेश दे दिया है पीठ ने कहा है कि वह प्रधान न्यायधीश के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती

न्यायालय ने पिछले माह चुनाव को निर्देश दिये थे कि प्रत्येक विधानसभा खंडी में एक से पांच मतगण्ना बूथों की अनियमित मिलान करें जिससे राजनीतिकों दलों को भी संत्ष्टता होगी और पूरे निर्वाचन समूह को भी संतुष्टता मिलेगी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने चनाव आयोग से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि उन्होंने कोई गड़बड़ सामने आने पर सारे विधानसभा क्षेत्र में वी वी पैट पर्चियों के ईवीएम के साथ मिलान की मांग की है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी का संकट गहराता जा रहा है प्रदेश के कई जिले डार्कज़ोन मे आ च्के है म्ख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे

यम्ना नदी में भी तीन महीनें तक ही पर्याप्त पानी होता है यमूना से दिल्ली को भी पानी देना पड़ता है म्ख्यमंत्री ने कहा कि पानी की आपूर्ति के लिये द्सरे राज्यों को भी आगे आना चाहिए एसवाईएल को पूरा करवाने के लिये प्रयास किये जा रहे है और पाकिस्तान में व्यर्थ जा रहे नदियों के पानी के प्रयोग पर भी काम किया जा रहा है म्ख्यमंत्री ने कहा कि धान के विकल्प के तौर पर पायलेट योजना बनाई जा रही है यह योजना सात जिलों के सात खंडों के लिये बनाई है

हरियाणा के कानून एवं व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हये मतदान के बाद ईवीएम और वीवी पैट मशीनों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कड़ी स्रक्षा व्यवस्था में रखा गया है

हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष मार्च में ली गई हरियाणा मुक्त विदयालय की सेकेंडी व सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट व मोबाइल एप्प के माध्यम से देख सकते है

एनडीए नेताओं की आज रात्रि भोज से पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे है नई दिल्ली के पार्टी कार्यालय मे हो रही इस बैठक का उददेश्य देश के प्रति दी गई सेवाओं के लिये मंत्रियों का धन्यवाद करना है बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन राज्यवर्धन राठौड़ स्मृति इरानी और राम बिलास पासवान भी उपस्थित है बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता रात्रि भोज पर एकत्रित होंगे इस दौरान आम च्नावों के संभावित परिणामों के बारे रणनीति भी बनाई जायेगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा बिहार के म्ख्य मंत्री और जनता दल यूनाटेड प्रम्ख नितिश क्मार शिव सेना प्रम्ख उद्वव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी प्रम्ख राम बिलास पासवान के उपस्थित होने की संभावना है

उनकी शहादत को आंतकवाद विरोधी दिवस के रूप मे भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्ण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व उप राष्ट्रपति हामिल अंसारी पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी राजीव गांधी को राष्ट्रीय राजधानी में उनके स्मारक वीर भूमि पर श्रद्वा स्मन भेंट किये उधर हरियाणा में भी आंतकवाद विरोधी दिवस मनाया गया पंचकूला के प्लिस महानिदेशक श्री पी के अग्रवाल की अध्यक्षता में आज हरियाणा प्लिस म्ख्यालय मे कार्यरत सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आंतकवाद और हिंसा का डट कर म्काबला करने एवं मानव जीवन मूल्यों को हानि पहंचाने वाली विघटन्कारी शक्तियों से लड़ने की शपथ ली सिरसा के लघ् सचिवालय के प्रांगण में ही आज आतंकवाद विरोधी समारोह का आयोजन किया गया

यमुनानगर में भी उपायुक्त आमना तस्मीन ने सचिवालय के सभागार में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को आंतकवाद का डटकर म्काबला करने की शपथ दिलाई